रायगढ़ जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में तीन महिला सहित चार लोगों की मौत

कोरोना वायरस भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के अब तक एक सौ सात मामलों की प्रष्टि हो चुकी है इनमें सत्रह विदेशी नागरिक शामिल हैं इटली के सोलह पर्यटकों के अलावा कनाडा का एक नागरिक संक्रमित पाया गया है भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के ऐहतियाती उपायों के पालन का परामर्श दिया है लोगों से बडी समाओं में शामिल न होने को कहा गया है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है लोगों को हाथ अच्छी तरह साफ किए बिना आखें नाक या चेहरा नहीं छना चाहिए कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में किंसी भी जानकारी या सहयोग के लिए भारत सरकार ने चौबीसों घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू की है

वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोज शाम को बुलेटिन जारी किया जा रहा है इसे विभाग की वेबसाइट सीजी हेल्थ डॉट एनआईसी डॉट इन पर प्रतिदिन देखा जा सकता है इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर एक शुन्य चार पर चौबीस घंटे जानकारी ली जा सकती है

इस बीच राज्य शासन ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने को उद्देश्य से राज्य में संचालित सभी सिनेमा घरों तथा मल्टीप्लेक्स में इकतीस मार्च तक सिनेमा के ॅप्रदर्शन को बंद रखने का निर्णय लिया है वहीं राज्य विधानसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी कर बजट सत्र की शेष अवधि में विधानसभा परिसर में आम नागरिको का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है

रायगढ़ जिले में कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिले में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन रैली सभा और जुलूस को पांच अप्रैल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है इस बीच खबर मिली है कि चीन और अन्य देशों की यात्रा करके रायगढ़ जिले में लौटे बारह लोगों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है कलेक्टर के अनुसार ये सभी लोग अभी स्वस्थ हैं वहीं कबीरधाम जिले में भी जिला अस्पताल में ैआने वाले मरीजों से विशेष प्रछताछ की जा रही है खासकर दुसरे प्रांतों से भ्रमण कर आने वाले सर्दी खासी जुकाम और अन्य रोगों से ग्रसित मरीजों से पर्वी भरवा कर उनके भ्रमण धार्मिक यात्रा या अन्य दूर के बारे में जानकारी ली जा रही है

कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तम्बोली ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को इस मार्ग में संचालित समी बसो में साबुन सेनेटाईजर स्टरलीन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं बस अड्डे में भी हाथ धुलाई के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं इधर मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम घोषित किए जाने के बाद रायपुर के अनुविभागीय अधिकारी ने आज छह टीम गठित कर शहर के अनेक मेडिकल स्टोर्स में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की स्टॉक में उपलब्धता और उनके मुल्य की जांच की उधर राजनांदगांव जिले में भी खाद्य और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने दवा दुकान में छापा मारा इस दौरान दवाओं की गणवत्ता और कालावधि की भी जांच की गई इस बीच ड्रग विभाग की टीम ने आज बालोद जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर में सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्यता की जानकारी लेने के साथ ही इस बात की भी जांच की कि कहीं इन्हें अधिक दाम पर तो नहीं बेचा जा रहा है

एक बयान में कहा गया है कि ऐसे कम्बल उन्हीं यात्रियों को दिये जाएंगे जो इनकी मांग करेंगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि यात्रियों को तकिये उनके कवर तथा बैड शीट उपलब्ध कराई जाती रहेगी वायरस से बचाव के उपाय के रूप में वातानुकूलित डिब्बों से पर्दे भी हटा दिये जाएंगे यह व्यवस्था एक महीने के लिए अथवा अगली जानकारी तक के लिए है वहीं रेल प्रशासन ने कोरोना के प्रसार और प्रभाव को रोकने के लिए स्टेशन परिसरों रेलवे कॉलोनियों और रेलवे अस्पतालों में जागरूकता के लिए बैनर पोस्टर लगाए हैं साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कार्य के दौरान यात्रियों के संपर्क में लगातार रहने वाले कर्मचारियों को मास्क और इस वायरस से रोकथाम के अन्य सामान उपलब्ध कराए गए हैं

इस सिलसिले में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बलौदाबाजार भाटापारा महासमुंद और जांजगीर चांपा जिले में स्थित स्थलों का कल जायजा लिया साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड में स्थित सीतामढी हरचौका का भी दौरा किया इस दौरान उन्होंने कहा कि इस स्थान को राम बनगमन मार्ग के तहत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा माओवादी गिरफ्तार बम दंतेवाड़ा जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आज पुलिस ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनमें से एक माओवादी को नीलावाया क्षेत्र से पकड़ा गया है इस पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था वहीं द्सरे माओवादी को मुनगा के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है इन दोनों माओवादियों पर हत्या और आईईडी लगाने जैसे अपराध दर्ज हैं इस बीच सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है बताया जाता है कि किस्टाराम के पालोडी के पास माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया जवाब में सुरक्षा बलों द्वारा भी फायरिंग की गई बाद में माओवादी घने जंगलों की आड़ लेकर भाग गए मौके से यूबीजीएल सेल सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है उधर नारायणपुर जिले में पुलिस ने माओवादियों द्वारा लगाए गए एक पाइप बम बरामद किया है नारायणपुर ओरछा मार्गे पर बटूनपारा के पास लगे इस पाइप बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया इस बीच बस्तर जिले के मारडूम इलाके में कल हुए बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद जवान उपेन्द्र साहू को आज सुबह जगदलपुर पुलिस लाईन में श्रद्वांजलि अर्पित की गई इसके बाद जगदलपुर के मुक्तिघाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया दूर्घटना रायगढ़ जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में तीन महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई वहीं पच्चीस अन्य लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार बाकारूमा के ग्रामीण देवी दर्शन के लिए धरमजयगढ़ के अम्बे टिकरा गए थे वापस लौटते समय रायगढ रोड के चरखापारा के पास उनकी चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई दुर्घटना में तीन महिला और एक बच्चे की मौत हो गई वहीं वाहन में सवार पच्चीस अन्य लोग घायल हो गए हैं घायलों को पत्थलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है

यह दिवस हर वर्ष पन्द्रह मार्च को उपमोक्ताओं के अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना है इस वर्ष का विषय है सदैव सक्षम उपभोक्ता मौसम प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ में बने हुए सिस्टम के कारण प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है घमतरी जिले में आज दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई साथ ही ओले भी गिरे वहीं राजधानी रायपुर में दिनभर बादल छाए रहे संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुइया उइके ने आज अपने धमतरी प्रवास के दौरान मरादेव आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि की अफवाह सोशल मीडिया में वायरल करने वाले आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है इसी जिले की एक अन्य घटना भें फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन लेने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा कल सोलह मार्च को पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर रायपूर में दोपहर ग्यारह बजे से तीन बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा